राज्य के गृह विभाग ने केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गये लॉकडाउन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए कहा दुकानदारों को दुकान के बाहर मूल्य सूची लगानी होगी

प्रदेशभर में व्यापक बारिश झालावाड में तेज आंधी तूफान के साथ ओले गिरने से फसलों को नुकसान

जयपुर में कल रामगंज में रहने वाले व्यक्ति के कोरोना संकमित होने की पुष्टि के बाद क्षेत्र में एक किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया गया है इस बीच नये संक्रमित रोगियों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान करने और उन्हें आइसोलेट करने और विभिन्न जांच करने का काम शुरू कर दिया गया है केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस के सामुदायिक प्रसार का अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है सरकार ने यह भी कहा है कि देश में वायरस संक्रमण के रोगियों की संख्या बढ़ रही है लेकिन इसकी वृद्धि दर में स्थिरता आने लगी है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संकमण के फैलाव को रोकने के लिए अधिकारियों को सख्ती से लॉकडाउन की पालना के निर्देश दिए है मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश का कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे इसके लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति का व्यापक इंतजाम किया जाए उन्होंने वीडियो कांफेसिंग के जरिए कोरोना पर बनी कोर ग्रूप की कमेटी के साथ चर्चा में कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे हर जरूरतमंद राशन दवाईयां और आवश्यक संसाधन मुहैया करावें इस बीच मुख्यमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से सम्पर्क कर उन्हें वहां रह रहे राजस्थानियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्यता सुनिश्चित करने का आग्रह किया

बैठक में उन्होंने अधिकारियों को लॉकडाउन की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने को निर्देश दिए

प्रदेश के गांवों मे भी कोरोना वायरस के संकमण को रोकने के लिए राज्य सरकार गंभीर है ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों और सरकारी भवनों में सोडियम हाईपोक्लोराइट का छिडकाव किया जाएगा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि ग्रामीणों और पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को इसके लिए निर्देश दिए गए है

कृषि विभाग के संयुक्त शासन सचिव एस पी सिंह ने बताया कि किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसल कटाई में मशीनों का उपयोग करें और हाथ से चलने वाले उपकरणों को काम में लेने से पहले उन्हें कम से कम तीन बार साबून के पानी से किटाणू रहित करें

राज्य के विधायक कोरोना वायरस जनित महामारी की जांच के लिए आवश्यक उपकरणो की खरीद के लिए अब विधायक कोष से पांच लाख रूपये तक अनुशंषा कर सकेंगे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि पूर्व में सिर्फ मास्क और सेनेटाइजर की खरीद के लिए ही विधायक एक लाख रूपये तक की अनुशंषा कर सकते थे

उन्होंने चिकित्सा अनुसंधान और विकास को मुक्त और खूले तौर पर साझा करने मानव स्वास्थ्य की अनुकूल प्रणाली विकसित करने और संकट प्रबंधन के नए नियमों को बढावा देने का आग्रह किया

सिरोही जिले के आबू में ब्रहमाक्मारीज संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी का आज तड़के निघन हो गया

उनका आबूरोड के शांतिवन आज दोपहर बाद अंतिम संस्कार किया जायेगा

यह मूल्य तीस जून तक लागू रहेगा आकाशवाणी से बातचीत में उपभोक्ता कार्य सचिव पवन अग्रवाल ने कहा कि फेस मास्क निर्माताओं से सलाह करने के बाद ये दर तय की गई है उन्होंने कहा कि इससे फेस मास्क की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी

लॉक डाउन की वजह से जयपुर में इस बार गणगौर महोत्सव रद्द कर दिया गया है इस दौरान सिटी पैलेस से निकलने वाली गणगौर माता की परंपरागत सवारी भी नहीं निकलेगी प्रदेश में मौसम में बदलाव के चलते लगभग सभी जिलों में बारिश हुई है झालावाड़ में आज तडके तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने से कई जगह नुकसान हुआ है तेज हवाओं से न टीन टप्पर उडने के साथ ही कहीं कहीं बिजली के खंबे गिर गये कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे है इस कारण क्षेत्र में फसलें आडी हो गई है जिससे किसानों को बडा नुकसान होने का अंदेशा है जयपुर भरतपुर कोटा बूंदी सवाईमाघोपुर और बारा में रातमर बारिश हुई घौलपुर जैसलमेर और जालोर में सुबह से बारिश जारी है